उस युद्ध में जीत भारत की सेनाओं के उंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई

आज देश में कोरोना की रिकवरी रेट और मृत्यु दर अन्य देशो के मुकाबले बेहतर है उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है

राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस पर युद्ध वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है

इस दिन भारतीय सेना ने करगिल सेक्टर को पाकिस्तानी घ्रसपैठियों से मुक्त कराया था

बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें